प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे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 यह आध्निक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा क्शल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नये संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी से दोपहर बारह बजकर पचपन मिनट से किया जायेगा

इस कारण आकाशवाणी रांची से दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर प्रसारित होनेवाला प्रादेशिक समाचार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रसारित होगा

उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब तक सरकार द्वारा दिया जा रहा अनाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है वैसे लोग जो सक्षम होने के बावजुद सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे लाम का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं उनको रोकने का कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा के बाद योजनाओं के संचालन को लेकर दिए कई अहम निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए पहल होगी

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को दुमका जिले से गिरफ्तार किया है चार नवंबर को पूर्व ग्रामीण मंत्री हरिनारायण राय उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कमार राय की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट की सजा बरकरार रखी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा कल मंजूर की गई पीएम वाणी स्कीम प्रौद्योगिकी जगत में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सिद्ध होगी जिससे देश भर में वाई फाई की पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सुधार होगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार सुगम बनाने और जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से छोटे दुकानदार वाई फाई सेवा उपलब्ध करा सकेंगे इससे आमदनी बढेगी उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत बनाया जा सकेगा कैबिनेट ने कल पब्लिक वाई फाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी इससे पब्लिक डेटा कार्यालयों के जरिए बिना किसी लाइसेंस फीस के सार्वजनिक वाई फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इससे देश में सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश में व्यापक वाई फाई क्रांति शुरू होगी

अबतक एक लाख आठ हजार एक सौ लोगों को अस्पताल से छटटी मिली है पिछले चौबीस घंटों में दो सौ दो मरीज स्वस्थ हए वहीं एक सौ एकानबे नए मरीज मिले हैं और तीन मरीजों की मौत हो गई है

राज्य में कूल संक्रमितों की संख्या एक लाख दस हजार आठ सौ तीस हो गई है जबकि अबतक चौवालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है कल सत्रह हजार नौ सौ उनतीस नमूनों की जांच हुई गोड्रा जिले के पोडैयाहाट प्रखंड के लता संथाली टोला के दो आदिवासी मजदूरों की केरल में हत्या हो गई है बताया गया कि हत्यारा विक्षिप्त था केरल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव मृतक के शरीर को गोड्डा लाने की व्यवस्था कराने के बाद झारखंड लाया जाएगा

उन्हें एक एक लाख रुपया की सहायता राशि भी दी जाएगी झारखण्ड विधानसभा की सरकारी आवासन एवं आवास समिति ने लोहरदगा जिले का दौरा किया

पलामू जिले में आवास योजना में अनियमितता को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने कड़ी कार्रवाई की है उपायुक्त के निर्देश पर उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने हैदरनगर के इमामनगर बरेवा पंचायत के स्वयंसेवक को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है साथ ही आरोप की गंभीरता को देखते हुए जनसेवक सह पंचायत सचिव को निलंबित किया है और प्रखंड समन्वयक के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई है इनपर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ देने में अनियमितता बरतने और अयोग्य लामुकों का चयन करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने के आरोप है

चतरा जिले में पुलिस ने कंदा थाना क्षेत्र के गेंदारा गांव में खेत में अवैघ रूप से छिपाकर रखे गए एक क्विंटल से अधिक अफीम डोडा बरामद किया है पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई वहींएक अन्य मामले में सिमरिया एसडीपीओ वचनदेव कुजुर के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम गठित कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है देश में हर व्यक्ति तक वाई फाई पहंचाने की तैयारी दैनिक हिंदस्तान ने इस शीर्षक के साथ केन्द्र सरकार की पीएम वाणी योजना से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है

प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग को समीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने आय से अधिक मामले में सीबीआई की कार्रवाई इस शीर्षक के साथ पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है किसान नेता जिद पर अडे इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने किसानों के प्रनितिनधिमंडल द्वारा केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है मनरेगा में बढ़ेगी मजदूरी नौ सौ लाख मानव दिवस होगा सृजित शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद योजनाओं के संचालन को दिए गए कई अहम निर्देशों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है